हल्दवानी हंचे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने हायर अधिकारियों के साथ बछक में राज्य के महाविदयालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने और कोरोना वायरस के दौर में बेहतर शिक्षा छात्रों को उप्लब्ध कराने पर चर्चा की

छात्रों को ढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए सरकार ने इस बार भारी बजट जारी किया हा जिससे उच्च शिक्षा की ग्णवत्ता में सुधार हो सकेगा

मानसून सत्र के लिए कल विधानमंडल दल के नेताओं की बछक होगी

अगर किसी प्राइवेट लब्ब द्वारा गलत रि ोर्ट दी जा रही हप्र तो उन प्रर सख्त कारवाई की जाएगी कोविड अपडेट अल्मोड़ा के रानीखेत में थाना और राजस्व प्रलिस प्रशासन ने मास्क लगाकर और सामाजिक दरी का शालन करते हुए फ्लश मार्च निकाला गया

साथ ही मास्क ना शहनने वालों र कार्रवाई करते हए मास्क भी वितरित किये गए

पीएम किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है

पोषण माह रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय शोषण माह के तहत श ंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकत्रियों ने घर घर जाकर गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वच्छता के सम्बन्ध में जानकारी दी साथ ही बच्चों में डायरिया से बचाव के बारे में रामर्श दिया

इस दौरान उन्होंने महिला समूहों के कार्यो को देखा और उनसे व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली म्ख्यमंत्री ने इस बात र ख्शी जताई कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के ग्रामीण उत्पाद जनता को उ लब्ध हो रहे हैं जिससे समूह की महिलाओं के साथ ही किसानों और उत्पादकों को लाभ मिल रहा है